महाकूंम भारतीय जनता पार्टी के आज भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह की मौजूदगी में मध्यप्रदेश विधानसभा चूनाव अभियान का आगाज करेगे भाजपा ने कार्यकर्ता महाकृभ में करीब दस लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया है पार्टी द्वारा महाकुंभ स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं पार्टी सूत्रों के अनुसार महाकुंभ में प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के आगमन के लिये पार्टी ने विशेष बसों और ट्रेनों की भी व्यवस्था की है भोपाल में हो रहे इस महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है वहीं आयोजन स्थल भेल के विभिन्न क्षेत्रों में भी जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्र ने बताया कि भोपाल और इन्दौर मेट्रो रल परियोजनाओं को निरन्तर रखने की मंजूरी दी गई है

मंत्रिमंडल ने अविवाहित महिला पेंशन योजना को भी बैठक में मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में मठ मंदिरों की व्यवस्था और अधिक बेहतर करने और पुजारियों के कल्याण के लिये कोष स्थापित करने का निर्णय भी लिया

राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने पर जोर दिया है उन्होंने कल भोपाल में इसी उद्वेश्य से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली

इसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे राज्यपाल ने कहा है कि अगर स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो ये कार्यकम मैदान या बगीचे या सामुदायिक भवन में आयोजित किया जा सकता है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन होशंगाबाद जिले के पिपरिया में आयोजित किसान महासम्मेलन में यह राशि अंतरित करेंगे इसी दिन जिलों में आयोजित किसान सम्मेलन में पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि अंतरित की जायेगी यह प्रोत्साहन राशि योजनातंर्गत प्याज लहसून चना मसूर सरसों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल के लिये दी जायेगी राशि के भूगतान की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डाक्टर राजेश राजोरा ने नीमच रतलाम और मन्दसौर जिले को छोड़कर शेष जिलों के कलेक्टरों को किसान सम्मेलन के आयोजन के बारे में निर्देश जारी किये हैं इन तीनों जिलों के किसानों को पूर्व में ही भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जा चुका है वनोपज लघू वनोपज संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक और बोनस की नगद राशि की भूगतान सीमा दोगुनी कर दी गई है अभी तक संग्राहकों को एक हजार रूपये का नगद भूगतान किया जा रहा था जिसे बढ़ाकर अब दो हजार रूपये कर दिया गया है राज्य लघ् वनोपज संघ के अध्यक्ष महेश कोरी ने कहा कि दो हजार से अधिक राशि का भुगतान सीर्ध बैंक खाते में किया जायेगा

राज्यपाल ने महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शो को युवा पीढ़ी को याद दिलाते रहने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि विचारगोष्ठी से प्राप्त सुझावों को दो अक्टूबर से शुरू होने वाले कार्यकमों में शामिल किया जायेगा एनएसएस उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसस में बढ़चढ़कर भाग लेने को कहा है उन्होंने कल भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में योजना के स्वर्णजयंती वर्ष समारोह में कहा कि सेवा संवेदना के साथ होनी चाहिए और स्वयंसेवकों को देशभक्ति और मानवता की सेवा का प्रसार करना चाहिए श्री पवैया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में प्रदेश के भ्रमण पर आये मणिपुर के दल को सम्मानित भी किया

योजना के लोकार्षण के पूर्व मुख्यमंत्री देपालपुर गॉव में किसानों को संबोधित करेंगे

बैडमिंटन सीहोर में कल सम्पन्न राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में सौम्या श्रीवास्तव विजेता बनी है

वहीं दतिया में राज्य स्तरीय कबड़डी प्रतियोगिता के सेमिफायनल मुकाबले में ग्वालियर ने राऊपुरा को पराजित किया वहीं दूसरे सेमिफायनल में परीचौक दिल्ली की टीम ने गोरमी को हराकर फायनल में जगह बनाई मौसम मौसम में आये बदलाव के चलते प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ प्रदेश के उज्जैन इंदौर संभागों में अनेक स्थानों पर और शेष संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चकवात के चलते प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अति दबाव का क्षेत्र बनने से अनेक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं बारिश की सम्भावना जताई है इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राजधानी भोपाल में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना है कुछ समाचार संक्षेप में

वहीं साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है